स्वायत्त शासन मंत्री शांति धारीवाल ने कहा स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत केन्द्र से मिलने वाली धनराशि से अधिक से अधिक विकास कार्य करवाये जायेंगे जाने माने फिल्म और रंगमंच अभिनेता और लेखक गिरीश कर्नाड का बैंगलूरु में निधन राज्य सरकार आवासीय खेलकूद प्रशिक्षण शिविर प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर आयोजित करेगी क्रिकेटर युवराज सिंह ने सन्यास लेने की घोषणा की राज्य में तेज गर्मी और लू से पूरा प्रदेश बेहाल हो रहा है

हमारे धौलपुर संवाददाता ने बताया कि इस बार गर्मी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिये हैं इस कारण जिला प्रशासन को लोगों को गर्मी और गर्मी की वजह से होने वाली बीमारियों से बचाने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है

चूरु में पिछले दिनों हई बारिश के बाद कृछ किसानों द्वारा बोई गई फसलें जलने लगी हैं

राज्य सरकार द्वारा बाकी रह गए पात्र किसानों को ऋण माफी योजना का लाभ देने के लिए आज से आधार आधारित अभिप्रमाणन के लिए विशेष शिविरों का आयोजन किया जा रहा है

योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए किसान को सहकारी बैंक या ग्राम सेवा सहकारी समिति या पास के ई मित्र केन्द्र पर जाकर दस्तावेज जंचवाने होंगे

श्री धारीवाल ने आज जयपुर में स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत किये जा रहे विभिन्न कार्यों का अवलोकन किया

मुख्य सचिव ने कहा कि खसरा और रुबेला गंभीर बीमारियां हैं और पोलियो से भी बड़ी चुनौती हैं उन्होंने कहा कि इन्हें केवल टीकाकरण के माध्यम से ही रोका जा सकता है और इसीलिऍ देश भर में इस बीमारी से लड़ने के लिए युद्ध स्तर पर टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है

उन्हें साहित्य अकादमी ज्ञानपीठ कालीदास सम्मान पदमश्री और पदमभूषण जैसे सम्मानों से नवाजा गया

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी गिरीश कर्नाड के निधन पर शोक व्यक्त किया है श्री गहलोत ने कहा कि ज्ञानपीठ अवार्ड से सम्मानित श्री कर्नाड बहुआयामी प्रतिभा के धनी होने के साथ साथ अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के समर्थक थे उन्होंने अपनी लेखनी तथा अभिनय के जरिए आमजन की समस्याओं को उठाया

श्री सिंह ने आज जयपूर में एक बयान में इसकी कड़ी निंदा करते हये कहा है कि इस घटना को अंजाम देने वालों को कठोर सजा दी जानी चाहिए इस घटना के विरोध में अजमेर में कई सामाजिक संगठनों ने पैदल मार्च किया तथा दोषियों को कड़ी सजा दिलाने की मांग की प्रदर्शन में बड़ी संख्या में महिलाओं ने भी हिस्सा लिया टोंक जिले के देवली और निवाई में लोगों ने राष्ट्रपति के नाम उपखंड अधिकारी को ज्ञापन देकर हत्यारों को फांसी की सजा देने की मांग की है

उर्स े के मौके पर खोला गया जन्नती दरवाजा भी कुल की रस्म के बाद बंद कर दिया गया इससे पहले कल की रस्म में देश के विभिन्न हिस्सों से आए अकीदतमंदों ने शिरकत की तथा देश में अमन चैन ख्शहाली की दुआ की

राजस्थान के अलावा महाराष्ट्र गुजरात उत्तरप्रदेश आंध्र प्रदेश के जायरीन उर्से के लिए दरगाह शरीफ पहुंचे इस बीच आज ही ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की महाना छठी की फातहा का कार्यक्रम भी हुआ

बीकानेर के सार्दलगंज क्षेत्र में चिन्हित किये गये अतिक्रमण के मामले में स्थानीय लोगों की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका पर स्थगन आदेश मिल गया है

दौसा की पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग के साथ द्ष्कर्म के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है नागौर में आज से सेना भर्ती रैली शुरु हुई